लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार जोरों पर है इस चरण में राज्य के आठ सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होगा इनमें पटना साहिब पाटलिपुत्र नालंदा जहानाबाद काराकाट सासाराम बक्सर और आरा शामिल हैं

एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सासाराम में पार्टी उम्मीदवार छेदी पासवान के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उनके साथ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और आरके सिन्हा भी मौजूद रहेंगे बाद में श्री मोदी बक्सर में पार्टी प्रत्याशी अश्विनी कुमार चौबे के पक्ष में भी प्रचार करेंगे जहां जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री कल पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मनेर नालंदा और आरा में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अरवल शहर और दीघा में रोड शो करेंगे जबकि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रोहतास जहानाबाद और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा काराकाट में चुनाव प्रचार करेंगे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए कल एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया पटना के बख्तियारपुर और खुसरूपुर समेत कई क्षेत्रों में अपने चुनावी प्रचार में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आयेंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मसौढ़ी और दानापुर में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि पिछली राजद की सरकार ने राज्य को बर्बाद करने का काम किया है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने दानापुर और मनेर में कहा कि दियारा में बिजली एनडीए की देन है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मनेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान और आरक्षण आज खतरे में है महागठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती ने बिहटा और मसौढ़ी में लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पूरा देश परिवर्तन चाह रहा है जबकि कांग्रेस प्रवक्ता हरख् झा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव को मुद्दाविहीन कर दिया है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दाउदनगर और हसपुरा में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग नौ करोड़ रूपये जब्त किये जा चुके है जबकि पचास लाख रूपये की नेपाली कैरेंसी और लगभग ग्यारह लाख रूपये जाली नोट बरामद किये गये हैं इसके साथ ही छियानवे हजार लीटर शराब साढ़े नौ सौ लिटर स्प्रीट और चौदह हजार लीटर शीरा बरामद किया गया है वहीं छह सौ इकसठ किलो गांजा सोलह किलो चरस पन्द्रह किलो अफीम चौबीस किलो सोना पैंतीस किलो चांदी और लगभग पांच सौ तिहतर किलो सोने चांदी के गहने बरामद किये गये हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है याचिका पर अगली सुनवाई सोलह मई को होगी मौसम विभाग ने कहा है कि हवाओं की दिशा में बदलाव होने के कारण गर्मी से राहत मिली है विभाग ने कहा कि उत्तर पूर्व दिशा से आ रही हवाओं के कारण पछुआ हवा की गर्मी कम हुई है जिसके कारण पटना और गया की तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की ब्रूंदाबादी भी हो सकती है पटना का न्यूनतम तापमान कल अट्ठाईस दशमलव छह और अधिकतम अड़तीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि गया का न्यूनतम छब्बीस दशमलव चार और अधिकतम तापमान सैतीस दशमलव नौ तथा भागलपुर का न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव दो और अधिकतम अड़तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा उधर सुपौल में कल देर रात तेज आंधी ने आधे घंटे तक तबाही मचायी जिसमें दर्जनों कच्चे घर के छत उड़ गये और दर्जनों पेड़ उखड़ गये वहीं पश्चिम चंपारण जिले के योगपट्टी और मैनाटांड़ प्रखंड में हुई अगलगी की घटना में पच्चीस घर जल कर राख हो गये खान और भूतत्व विभाग ने मध्य बिहार के गया जिले समेत आस पास के क्षेत्रों में बालू के अवैध खनन पर रोक के लिए एक कमिटी का गठन किया है कमिटी के अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिन्हा बनाये गये हैं कमिटी अवैध बालू खनन उठाव और फर्जी परिवहन चालान की जांच करेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू हो रही है जो सत्रह मई तक चलेगी इसके लिए राज्य भर में चौरानवे परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं इन केन्द्रों पर लगभग एक लाख अड़तालीस हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड पर बछवाड़ा से मोहिउद्दीननगर स्टेशनों के बीच दोहरी रेल लाईन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है रेल संरक्षा आयुक्त लतीफ खान ने निरीक्षण के बाद बीस किलोमीटर लंबी इस रेल लाईन पर ट्रेनों के परिचालन की स्वीकृति दे दी है बांका जिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अमरपुर पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित पर्यवेक्षण गृह से चार बाल कैदी भाग निकले इन बंदियों पर हत्या अपहरण और दृष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज है

पटना में खेली जा रही रणधीर वर्मा अंडर नाईटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के जोनल मुकाबले में नालंदा ने गया को चार विकेट से पराजित कर दिया पटना में आयोजित जिला साफ्ट बॉल टेनिस प्रतियोगिता के अंडर फिफटीन बालिका वर्ग के एकल मुकाबले का खिताब रागिनी कुमारी ने जीत लिया है वहीं बालिका अंडर टूवल्व वर्ग के फाइनल में प्रशस्ती ने कोमल को चार दो चार दो से हराकर खिताब अपने नाम किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है विपक्ष के पास न नीति न नियत दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा रमजान में नहीं बदलेगा मतदान का समय को बड़ी सुर्खी दी है दैनिक भाष्कर ने सीवान में टायर फटने से पलटी बस दो महिलाओं समेत सात की मौत बाईस जख्मी को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी के बयान पर खबर दी है बिहार व ओडिशा को मिले विशेष दर्जा